राजस्थान सहित कई राज्यों की सरकारों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की मांग की है

प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर थ्रकने पर रोक लगा दी गई है राज्य सरकार ने कहा है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित व्यक्ति के खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना वॉरियर्स के काम में बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए है वहीं राज्य सरकार ने खाद्य सामग्री या राशन वितरण के दौरान वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने पर रोक लगा दी है मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसे प्रचार और प्रतिस्पर्द्धा का माध्यम न बनाया जाए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखा न रहे हम सबकी यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ मिले राशन सामग्री और भोजन वितरण राजनीति से परे होकर सेवाभाव के साथ किया जाए श्री गहलोत ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए है कि इस कार्य के लिए स्वयंसेवी संगठनों को निरन्तर प्रोत्साहित किया जाए मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन सामग्री और पके हुए भोजन का किसी स्थान विशेष पर कैंप लगाकर वितरण नहीं किया जाएं भामाशाहों और स्वंयसेवी संस्थाओं द्वारा सूखी राशन सामग्री और पका हुआ भोजन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाए इनका वितरण पैकेट के रूप में प्रशासन द्वारा ही किया जाए प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक और नियमित दवाइयां लेने वाले गंभीर बीमारियों के रोगियों को एक फरवरी या उसके बाद के राजकीय चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर नियमित दवाईयां मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जाएगी स्वास्थ्य विभाग के आदेश के अनुसार राज्य के सभी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से यह दवाईयां उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं राज्य के सभी दवा विक्रेताओं को भी इन मरीजों को दवाई उपलब्ध कराने को कहा गया है यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने तक रहेगी प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान प्रशासन द्वारा सावधानी बरती जा रही है बाड़मेर जिले में एक प्रधानाध्यापक के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जांच में सहयोग नहीं करने और राजकार्य में बाधा डालने पर जिला प्रशासन ने उसके खिलाफ धोरीमन्ना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है

बूंदी जिले में सामान्य खांसी जुकाम के मरीजों के लिए रेडक्रॉस भवन में ओपीडी शुरू की गई है

पत्र सुचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ये दावा झूठा है और इससे समाज में सौहार्द भंग करने की कोशिश की जा रही है